् प्रदेश में लोकसभा के दूसरे चरण के चुनाव के लिए प्रचार अंतिम दौर में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और कांग्रेस अध्यक्ष राहल गांधी की आज कई स्थानों पर जनसभाऐं

समुद्री तूफान फोनी आज ओडिशा में पुरी तट से टकरा गया है

ओडीशा के कई इलाकों में तेज बारिश भी हो रही है गृह मंत्रालय संबंधित राज्य सरकारों और केन्द्रीय एजेंसियों के साथ लगातार सम्पर्क में हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तूफान के मद्देनजर केंद्र सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों को संबंधित राज्यों के अधिकारियों के साथ समन्वय बनाये रखने के निर्देश दिए हैं नागरिक विमानन मंत्री सुरेश प्रभु ने सभी विमानन कंपनियों से चक्रवात फोनी के मद्देनजर राहत और बचाव कार्यों में मदद करने का अनुरोध किया है उन्होंने कहा कि सहायता के लिए एक नियंत्रण कक्ष बनाया जा रहा है भारत ने कहा है कि वह देश की सुरक्षा को लेकर आतंकवाद और इससे जुड़े मुद्दों पर किसी भी देश के साथ कोई समझौता नहीं करता है विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने नई दिल्ली में कहा कि मसूद अजहर को वैश्विक आतंकवादी घोषित किये जाने में पुलवामा आतंकी हमले की भी भूमिका है

उन्होंने कहा कि संयुक्त राष्ट्र की अधिसूचना में स्पष्ट किया गया है कि मसूद अजहर को जैश ए मोहम्मद से जुड़ी आतंकवादी गतिविधियों के लिए धन जुटाने योजना बनाने और तैयारी करने में मदद करने के लिए वैश्विक आतंकवादी घोषित किया गया है उन्होंने बताया कि पाकिस्तान और अन्य सभी देशों को मसूद अजहर के सभी बैंक खातों और सम्पत्तियों को जब्त करना होगा उन्होंने कहा कि समिति की मांग पर पाकिस्तान इस तरह के कदम उठाने के लिए अन्तराष्ट्रीय समुदाय के प्रति जवाबदेह है

इनमें श्रीगंगानगर बीकानेर चुरू झ्रंझंन सीकर जयपुर ग्रामीण जयपुर अलवर भरतपुर करौली धौलपुर दौसा तथा नागौर संसदीय क्षेत्र शामिल हैं

राज्य में चुनाव प्रचार के लिए दिग्गज नेताओं का आना जारी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हिण्डौनसिटी सीकर और बीकानेर में भाजपा प्रत्याषियों के समर्थन में चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे करौली से हमारे संवाददाता ने बताया कि प्रधानमंत्री की सभा के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं

भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह का आज झन्झनूं में जनसभा करने का कार्यक्रम है केन्द्रीय मंत्री सुषमा स्वराज भी जयपुर में विजय संकल्प संवाद कार्यक्रम को सम्बोधित करेंगी वहीं कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी भी आज भरतपुर में चुनावी रैली करेंगे उनकी रैली के लिए भी सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं

वे धौलपुर के मनिया में भरतपुर में और दौसा के लालसोट में जनसभा करेंगे उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट आज आठ चुनावी सभाओं में भाग लेंगे

उन्होंने राजस्थान की कांग्रेस सरकार पर किसान कर्जमाफी के नाम पर धोखा करने का आरोप लगाया